राज्य सरकार ने तेईस पुलिस अधिकारियों का किया तबादला

राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए के खिलाफ बन रहे गठबंधन को खारिज करते हुये कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव गठबंधन और जनता के बीच होगा उन्होंने कहा कि देश की जनता ही चुनाव की दिशा तय करेगी जनता की उम्मीदें निर्धारित करेंगी कि वह किसके साथ है एक समाचार एजेंसी को दिये गये साक्षात्कार में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जनता जानती है कि कौन उसकी उम्मीदें पूरी कर रहा है और वह उसी के साथ जायेगी

पांच साल हो गये महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर कुछ सोचा हो कुछ कहा हो एक स्वर से कहा हो ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी भी उनके यहां से भिन्न भिन्न स्वर निकलते है ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ़ रहे हैं

तो ये खेल चल रहा है क्या करेंगे क्यों करेंगे देश के लिए क्या करेंगे ऐसा कुछ दृष्टि नहीं है किसानों के कर्ज माफ किए जाने के बारे में एक सवाल के उत्तर में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने शासन वाले राज्यों में कृषि ऋणों को माफ करने की घोषणा करके राष्ट्र को गुमराह कर रही है

बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना एम्पॉवर करना बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना हमें ये स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों के फायदे के लिए उठाए गये कदमों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के उद्यमियों के लिए स्टार्ट अप योजना भी शुरू की गई है मूस्लिम महिला विवाह अधिकार संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में रखा जाएगा विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पेश करेंगे लोकसभा पिछले सप्ताह विपक्ष के वॉकआउट के बीच इसे पारित कर चूकी है विधेयक के तहत एक बार में तीन तलाक बोलकर विवाह संबंध तोड़ने को अमान्य और गैर कानूनी बनाया गया है विधेयक में ऐसे तलाक देने के दोषी पुरूष को तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है केन्द्र सरकार आलू प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए टमाटर प्याज आलू योजना टीओपी के तहत क्लस्टर योजना शुरू करेगी योजना के अन्तर्गत इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा कृषि उत्पाद प्रसंस्करण के लिए टीओपी योजना के तहत बिहार समेत अन्य राज्यों में चौबीस क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत विदेशों से भी विशेषज्ञों की राय ली जायेगी ताकि मांग और आपूर्ति तथा मूल्य की सही जानकारी प्राप्त हो सके और किसानों को फसलों को लगाने के पूर्व ही वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके जिससे वे लाभकारी फसलों को उगा सकें केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी रेलवे फाटकों पर रेल ओवर ब्रिज आरओबी या रेल अंडर ब्रिज आरयूबी का निर्माण करेगी सेतु भारतम योजना के तहत कमजोर और संकरे पुलों को बदलने की इस परियोजना पर पचास हजार आठ सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे यह जानकारी देते हये सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने बताया कि दो हजार बीस तक सड़क दूर्घटना में पचास प्रतिशत की कमी लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह निर्माण किये जायेंगे राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के तेईस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देते हुये उनका तबादला कर दिया है डीजी रैंक के पांच अधिकारियों के काम काज में बदलाव किया गया है पुलिस मुख्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार एडीजी कुंदर कृष्णन को पुलिस मुख्यालय का प्रवक्ता बनाया गया है पटना के एसएसपी मनु महाराज डीआईजी मुंगेर प्रक्षेत्र बनाये गये हैं दरभंगा की एस एस पी गरिमा मलिक को पटना का एसएसपी तथा बाबू राम को दरभंगा का एसएसपी बनाया गया है पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद आर्ट कॉलेज में भी पक्षियों की लगातार हो रही मौत से बर्ड फ्लू के वायरस फैलने के संकेत मिले हैं आर्ट कॉलेज में दो और मृत चिड़ियां पाई गयी हैं इधर बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिड़िया घर पिछले आठ दिनों से बंद है बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मटन चिकेन बेचने वालों को चेतावनी दी है कि खुले में मांस मछली न बेचे अन्यथा उनका लाईसेंस रद्द किया जायेगा पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है हालांकि दिन में धूप निकले के कारण तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है सुबह और शाम में कनकनी बढ़ जाने के कारण लोगों को तेज ठंड महसूस हो रही है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल सुबह में कोहरा छाया रहेगा और दिन में अच्छी धूप निकलेगी हिमालय के पश्चिमी इलाके में अगले अड़तालीस घंटे में बर्फबारी की सम्भावना है जिसके कारण चार और पांच जनवरी को ठंड बढ़ेगी तथा तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी ठंड को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने पांच जनवरी तक आठवीं कक्षा तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है इधर घने कोहरे के कारण सड़क रेल और विमान सेवा प्रभावित हुई है उत्तर पूर्व रेलवे के अन्तर्गत दर्जनों मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर सीधा असर पड़ा है कई ट्रेनें रद्द कर दी गयी हैं जबकि कई ट्रेने घंटो विलंब से चल रही है वहीं दृश्यता कम होने से पटना हवाई अड्डे पर विमानों के उड़ान पर भी असर पड़ा है जाने माने कवि हरेकृष्ण झा को वर्ष दो हजार उन्नीस के मैथिली भाषा के सर्वोच्च पुरस्कार प्रबोध साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है कवि और अनुवादक उनसठ वर्षीय हरेकृष्ण झा को यह प्रस्कार मैथिली साहित्य के विकास में उनके योगदान को लेकर दिया जायेगा चौबीस फरवरी को पटना में आयोजित समारोह में स्वस्ति फाउंडेशन की ओर से उन्हें यह पुरस्कार दिया जायेगा नालंदा जिला मुख्यालय के दीपनगर थाने के जमादार को बदमाशों ने गोली मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया घायल जमादार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रलिसकर्मी दो गांवों के बीच हुये विवाद की सूचना पर मर महानंदपुर गांव गये थे इसे दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में स्थित बिस्किट फैक्ट्री में सोमवार तड़के लगी अगलगी की घटना में मृतक मजदूरों की संख्या बढ़कर सात हो गई है जिलाधिकारी मोहम्मद सुहैल ने बताया कि इस हादसे की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों के साथ ही फैक्ट्री के मानकों की भी जांच की जाएगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा दो हजार उन्नीस की प्रायोगिक परीक्षा पन्द्रह से पच्चीस जनवरी के बीच आयोजित की जायेगी परीक्षा सामान्यतः परीक्षार्थियों के गृह परीक्षा केन्द्र पर ही आयोजित होगी प्रदेश में ढ़ाई सौ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बहाली जल्द ही की जायेगी शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के प्लेट ग्र्प के एक मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को एक पारी और दो सौ सोलह रनों से हरा दिया बिहार की यह लगातार पांचवीं जीत है चौदह जनवरी से दिल्ली में आयोजित होने वाली अंडर ट्वेंटी थ्री महिला ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार टीम का चयन शिविर आज से पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में शुरू हो रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है चिप्स फैक्ट्री से तीन और शव निकले अखबार की एक अन्य खबर है जेईई में जैमर से पकड़े जायेंगे मुन्ना भाई दैनिक जागरण ने हास्य अभिनेता कादर खान के निधन को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये शीर्षक दिया है खामोश हो गये संवाद के सम्राट कादर खान दैनिक भास्कर की खबर है मोदी ने कहा राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लायेंगे कोर्ट का फैसला आने के बाद जिम्मेदारी निभायेंगे प्रभात खबर ने लिखा है निशाने पर लगेगी गोली तभी मिलेगा आर्म्स लाईसेंस

राज्य सरकार ने तेईस पुलिस अधिकारियों का किया तबादला

राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी